जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में सात साल की बच्ची से दुराचार के बाद उपजे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढाई प्रदेश में बांसवाडा डूंगरपुर के रास्ते प्रवेश हआ मानसून आगे के क्षेत्रों में बढ रहा है कई स्थानों पर हो रही है बारिश

आज लोकसभा में इस मुददे से जुडे एक सवाल के जवाब में उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य सरकारों का जिक करते हुए कहा कि यहां के किसान कई ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे है जिनमें पानी का कम उपयोग होता है

इस विधेयक के पारित होने के बाद मध्यस्थों की नियुक्ति में तेजी आयेगी आवेदक सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थता संस्थानों से संपर्क करेगा उसे अदालतों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए उच्चतम न्यायालय और अन्य मामलों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संस्थान मध्यस्थ तय करेंगे विधेयक में मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद् एसीआई के नाम से एक स्वतंत्र निकाय बनाने का भी प्रावधान है

दिल्ली से पहली उड़ान से दो सौ दो महिलाओं सहित चार सौ उन्नीस यात्री हज के लिए रवाना हुए इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने सभी अनुदान हटाकर पारदर्शी व्यवस्था विकसित की है जिससे किसी भी हज यात्री पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है

डीजीसीए ने विमान सेवा कंपनियों को भेजे संदेश में विमानों के रनवे से उतरने और झटके साथ लैंडिंग जैसी हालिया घटनाओं पर चिंता जतायी है डीजीसीए ने कहा कि एक एयर सेफ्टी सर्कलर के माध्यम से विमान सेवा कंपनियों को हिदायत दी गयी है कि मानसून के मौसम में परिचालन के लिए विशेष एहतियात बरतें विमान सेवा कंपनियों के सुरक्षा प्रमुखों को निर्देश दिये गये हैं कि पायलटों की ब्रीफिंग के समय उन्हें बताया जाये कि मौसम खराब होने की स्थिति में वे विमान को रनवे की सीध में स्थिर करने के बाद की लैंडिंग करें

सोमवार रात शास्त्रीनगर में सात साल की बालिका से दुराचार के मामले के बाद व्याप्त तनाव को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है उधर इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है जिसे देखते हुए सुरक्षा बल तैनात है उधर जेकेलोन अस्पताल में भर्ती पीडित बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी

आज आकाशवाणी पर लाईव फोन इन कार्यक्रम के जरिये श्री जैन ने राज्य में निःशुल्क विधिक सेवा नागरिक अधिकारों और नागरिकों के लिये मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र चौधरी ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से लोन लाइसेंस फार्मेसी का नवीनीकरण करने की एवज में डेढ लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी

कल ड्रंगरपुर झालावाड प्रतापगढ बाडमेर जालोर जोधपुर और बांसवाडा में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई जालोर जिले के सांचोर उपखण्ड में नैनवा गांव में कल बिजली कडकने के साथ बारिश हुई इस दौरान बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं पांचला गांव में एक मवेशी के मरने की भी खबर है बांसवाडा में कल देर रात बारिश और तेज हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई पेड गिर गये और बिजली आपूर्ति बाधित हुई